खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्द्घन राठौड़ ने खिलाडियों को डोपिंग से सतर्क रहने को कहा

कल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये ऐसा भारत है जहां प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच बुनियादी सुक्विा गरिमा के साथ न्याय तथा स्वास्थ्य स्रक्षा और शिक्षा तक है राष्ट्रपति ने कहा कि यहां प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिलते हैं और हर बेटी सुरक्षित महसूस करती है श्री कोविंद ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अन्ठानबे प्रतिशत लोगों को स्वच्छता उपलब्ध है जबकि वर्ष दो हजार चौदह तक ये केवल चालिस प्रतिशत से भी कम था उन्होंने कहा कि पिछले चार महीनों में आयुष्मान भारत कार्यक्रमके अंतर्गत दस लाख से अधिक लोगों ने निःशुल्क चिकित्सा का लाभ उठाया है हम इस बात से भली भांति परिवित हैं कि बीमारी के इलाज का खर्चकिसी गरीब परिवार को और भी गरीब बनाता है इस पीड़ा को समझने वाली मेरी सरकार ने पिछलेवर्ष आयुष्मान भारत योजना शुरू की

राष्ट्रपति ने कहा कि वस्तु और सेवा कर प्रणाली लागू करनेसे एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की धारणा हांसिल हुई है राष्ट्रपति ने कहा कि काले धन के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया है उन्होंने कहा कि नोटबंदी केकारण काले धन के जरिये फल फूल रही समानान्तर अर्थव्यवस्था की जड़ें हिल गई हैं कालेबन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानमें नोटबंदी का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम था इस फैसले ने कालंघन की समानांतर अर्थव्यवस्थापर प्रहार किया और वह धन जो व्यवस्था से बाहर था उसे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ागया

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक से उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करनेमें मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि नाबालिक लड़कियों के साथ द्ष्कर्म के मामले में मृत्यूदंड की व्यवस्था की गई है श्री कोविंद ने कहा कि सरकार मुस्लिम बेटियों को भय और चिंतामुक्त जीवन दिलाने तथा अन्य बेटियों के समान जीने का अधिकार दिलाने के लिए तीन तलाक विधेयक को राज्यसभा से पारित कराने के लिए पूरी कोशिश कर रही है राष्ट्रपति ने सामान्य श्रेणी के गरीब वर्ग को आरक्षण का लाभ देने के लिए हए संविधान संशोधन को ऐतिहासिक बताया

यह पहल देश के उन गरीब युवक युवतियोंके साथ न्याय करने का प्रयास है जो गरीबी के अमिशाप के कारण वंचित महसूस कर रहे थे

लोकसभा के महासचिव ने सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति रखी उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कल दिनभर के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अमिभाषण की प्रति सदन के पटल पर रखे जाने के बाद सभापति वेंकैया नायडू ने पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को श्रद्वांजलि दी जॉर्ज फर्नांडिस को महान मजदूर नेता और विशिष्ट सांसद बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश ने सक्षम प्रशासक और समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता खो दिया है

बजट सत्र के पहले दिन कल संसद के बाहर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए प्रतिबद्द है मै आशा करता हूं कि सभी हमारे आदरणीय सांसद इन जनभावनाओं कोष्यान में रखते हुए इस बजट सत्र का उपयोग गहराई से विस्तार से जानकारियों से भरपूरचर्चा में हिस्सा लें अपने विचार रखें सदनको लाभान्वित करें सरकार को भी लाभान्वित करें और हमारे पास इस सत्र मे जितना भी काम है उसका सर्वाधिक उपयोग हमारेसभी आदरणीय सांसद करें

सरकार सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर सकती है उद्योग जगत ने आशा व्यक्त की है इस बार उद्योगों की ऋण सुक्विा में बढ़ोतरी होगी और कार्परिट कर में कमी आएगी सी आई आई के आर्थिक मामलों की समिति के अध्यक्ष विनायक चटर्जी ने कहा कि किसानों की समस्या के समाधान और सामाजिक क्षेत्र में अधिक बजट का प्रावधान हो सकता है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग बजट का सीधा प्रसारण करेगा इसमें बजट के बारे में विशेषज्ञों के विश्लेषण विशेष बजट बुलेटिन और बजट के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया शामिल होंगी यह कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अन्य फ्रिक्वेंसियों पर उपलब्ध होंगे यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के सभी सोशल मीडिया मंचों ट्वीटर और फेसबुक के एयर न्यूज एलर्टस तथा न्यूज ऑन ए आई आर ऑफिशियल यू ट्यूब चैनल पर आज सुबह दस बजकर दस मिनट से उपलब्ध होंगे

नई दिल्ली में एंटी डोपिंग पर राष्ट्रीय सम्मेलन में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने डोपिंग के खिलाफ खिलाडियों को सतर्क रहने को कहा है उन्होंने कहा है कि जोश के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेना पदक जीतने से अधिक महत्वपूर्ण है

कल नई दिल्ली में पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के सम्मेलन में श्री शाह ने यह बात कही

इसमें भौतिक और रसायन विज्ञान इंजीनियरिंग गणित कृषि विज्ञान जीव विज्ञान और फार्मेसी सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में नामांकित शोध छात्र और शोधकर्ता शामिल हैं फेलोशिप में बढ़ोतरी से साठ हजार से अधिक शोधकर्ताओं को सीधे लाभ होगा इससे राज्यों को भी अपनी फेलोशिप की राशि बढ़ाने का आधार मिलेगा पहले दो वर्षों में कनिष्ठ शोधकर्ताओं की फेलोशिप पच्चीस हजार रुपये से बढ़ाकर इक्कतीस हजार रुपये और वरिष्ठ शोधकर्ताओं को अट्ठाईस हजार रुपये की जगह अब पैंतीस हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे इसके अलावा अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में अनुसंधान सहयोगी के रूप में काम कर रहे वैज्ञानिकों के मानदेय में भी तीस से पैंतीस प्रतिशत की वृद्वि की गई है